स्लग बैठक हल्द्वानी शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिला योजना के तहत होने वाले विकास कार्यो का लाभ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए हल्द्वानी में जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों को पुरानी योजनाओं का काम पहले पूरा करने के निर्देश दिये साथ ही कहा कि नई योजनाओं को इस तरह से बनाया जाए कि उनका सीधा लाभ महिलाओं और किसानों को मिले और उनसे स्वरोजगार सुजन हो सके

उन्होंने अधिकारियों को कृषि उद्यान पशुपालन और डेरी के कार्यों को तत्परता से पूरा करने के भी निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि छोटी छोटी योजनाएं जो बजट के अभाव में लंबित हैं उन योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के लिए विभागों को धनराशि का आवंटन किया गया है ताकि इन योजनाओं के जल्द पूरा होने से लोगों को इसका लाभ मिल सके इसके अलावा साइंस पार्क डिजिटल लर्निंग जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए चेन लिंक फेंसिंग और पर्यटन से जुड़ी कुछ योजनाओं के प्रस्ताव भी इस बार जिला योजना में प्रस्तावित की गई है इससे पहले बैठक शुरू होने पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत को याद किया गया

राधा रतुड़ी को अपर मुख्य सचिव सचिवालय बनाया गया है सी रविशंकर को देहरादून का जिलाधिकारी बनाया गया है जबकि सविन बंसल को नैनीताल का जिलाधिकारी बनाया गया है वी षणमुगम को टिहरी के जिलाधिकारी का पदभार दिया गया है जबकि दीपेन्द्र कमार चौधरी को हरिद्वार का पदभार मिला है सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय को चम्पावत का जिलाधिकारी बनाया गया है दिलीप जावलकर को गढ़वाल मंडल के आयुक्त का अतिरिक्त पदभार मिला है श्रीमति सौजन्या को महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है एस ए मुरुगेशन को आपदा प्रबंधन सचिव और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित कई अन्य जिम्मेदारियाँ दी गई हैं विनोद कुमार सुमन को शहरी विकास अपर सचिव का पदभार दिया गया है जबकि सुश्री सोनिका को सिडकुल प्रबंध निदेशक सहित कई पदभार दिये गये हैं दीपक रावत को मेलाधिकारी हरिद्वार का पदभार मिला है जबकि आबकारी आयुक्त परिवहन अपर सचिव और उत्तराखण्ड परिवहन निगम प्रबंध निदेशक का पदभार रणवीर सिंह चौहान को दिया गया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को सैन्यधाम बनाए जाने की बात कही थी कोस्टगार्ड भर्ती केंद्र की स्थापना इस दिशा में बड़ी पहल है

इस भर्ती केन्द्र का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी लगभग डेढ़ साल में यह भर्ती केन्द्र बनकर तैयार हो जायेगा इससे राज्य के युवाओं के लिए देश सेवा की अपनी प्रकृति के अनुरूप कोस्टगार्ड में रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे प्रदेश के युवा देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में भी अपना योगदान दे सकेंगे गौरतलब है कि भारतीय कोस्टगार्ड एक मल्टी मिशन संगठन है जो समुद्र में वर्ष भर अपनी गतिविधियों का संचालन करता है यह सतह और वाय में कार्रवाई करने की व्यापक क्षमता रखता है महानिदेशक भारतीय कोस्ट गार्ड इसके प्रमुख होते हैं इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है

इसके तहत सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय शैक्षणिक संस्थान सार्वजनिक स्थान होटल रेस्तरां आदि में धूम्रपान मुक्त कार्यान्वयन की प्रगति को मापने के लिए कार्रवाई की जानी है

कार्यक्रम का मकसद है कि सभी के सहयोग से ऋषिकेश को धूम्रपान मुक्त बनाया जा सके स्लग सफाई अभियान अल्मोड़ा में चल रहे विशेष सफाई अभियान के अन्तर्गत आज नगर पालिका क्षेत्र के एनटीडी वार्ड में सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया नगर पालिकाध्यक्ष ने लोगों से शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने की अपील की जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने भी अनेक स्थानों में सफाई कर लोगों को इस तरह के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने कहा कि जन सहभागिता के बिना सफाई अभियान सफल नहीं हो पायेगा उन्होंने चेतावनी भी दि कि गन्दगी करने वालों से नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा स्लग पर्वतारोही नंदा देवी ईस्ट के करीब मिले सात पर्वतारोहियों के शवों को आज दूसरे कैंप में शिफ्ट कर दिया गया है जहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा वहीं पिछले चार दिनों में आठवें पर्वतारोही के शव की तलाश की तमाम कोशिशें विफल साबित हुई

इनमें एक महिला भी शामिल है

प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद यह मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी होगी

मुनार में बनने वाले मंडुवे और चौलाई के बिस्कुटों की तकनीक सीखने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के उद्यमी यहां आने लगे हैं

अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए रूद्रप्रयाग से महिला समूह के एक दल ने भी बागेश्वर जिले के मुनार गांव में जाकर मंडुवे के बिस्कुटों के बारे में जानकारी ली